प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की पीठ में न्यायमूर्ति एसए बोबड़े डी वाई चंद्रचूड़ अशोक भूषण और एसए नजीर शामिल हैं

इस दौरान विभिन्न पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें पेश कीं अदालत ने इस मामले के संबंधित पक्षों को मोल्डिंग ऑफ रिलीफ के मुददे पर लिखित दलील दाखिल करने के लिए तीन दिन का समय दिया है

चिकित्सा राज्य मंत्री डॉ सुभाष गर्ग ने कल जयपुर में आयोजित समीक्षा बैठक में इस संबंध में निर्देश जारी करते हुए कहा कि एएनएम और जीएनएम सहित अन्य पदों पर भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता अपनाकर दो महीने के भीतर यह काम पूरा किया जायेगा बैठक में चिकित्सा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कमार संह ने भर्तियों के सम्बन्ध में आ रही बाधाओं को दूर कर तत्काल निस्तारण करने के अधिकारियों को निर्देश दिए

प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगो से अपने विचार भेजने की अपील की है

कस्बे से दिन का कर्फ्यू पूरी तरह हटा लिया गया है हालांकि ऐहर्तिहात के तौर पर रात्रिकालीन कर्फ्यू जारी है

सुहागिनों में इस दिन को लेकर विशेष उल्लास देखा जा रहा है पति की लम्बी आयु के लिए वे व्रत रखेंगी और चांद दिखाई देने के बाद अर्ध्य देकर अन्न जल ग्रहण करेंगी करवा चौथ को लॅकर आज बाजारों में भी विशेष रौनक है